प्रदेश में मास्क पहनने की अनिवार्यता का कानून लागू है

अगर लोग लापरवाही करेंगे तो सरकार और भी सख्त कदम उठाएगी

श्री गहलोत ने कहा कि हमारी सावधानी ही इस चुनौती से निपटने का सबसे कारगर उपाय है मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है प्रदेश में भी पॉजिटिव केस बढे हैं श्री गहलोत ने कहा कि राज्य अब तक वैक्सीनेशन में सबसे आगे रहा है

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश प्रनिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हम सभी सरकार के साथ मिलकर प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा में कोई कमी नहीं रखेंगे

लोकसभा में एक प्रक प्रश्न के उत्तर में डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीके के मामूली दुष्प्रभाव सामने आए हैं डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड टीका अवश्य लगवाने की अपील की

कल संकमण के नए मामलों की संख्या चार सौ के पार चली गई

चार जिलों बारा भरतपुर चूरू और जालौर में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला

इस संबंध में गृह विभाग ने कल आदेश जारी कर दिए इधर झालावाड़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने मास्क वितरित किए और लोगों को जागरूक किया झुंझनूं में जिला कलेक्टर ने विभिन्न धर्म गुरूओं के साथ बैठक कर कोरोना गाइड लाइन में सहयोग करवाने की अपील की

वहीं विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक चार करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी जा च्की है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

आयुर्वेद मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि सरकार की मंशा प्राकृतिक और योग चिकित्सा को नए आयाम देने और उसका खोया सम्मान दिलाने की है उन्होंने कहा कि बोर्ड के जरिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संवर्धन और उसे लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जाएंगे

स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि कोरोना के दौरान होने वाले चुनाव में संक्रमण का प्रसार ना हो और पूरी सजगता और सतर्कता बरती जाए इसीलिए मतदान के समय में बढ़ोतरी की गई है

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं